भोपाल संभाग में कानून व्यवस्था और लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए अधिकारियों की वीड़ियों कॉन्फ्रेसिंग आज

इन्दौर जिले के किसानों को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत तीन हजार रूपये पेंशन दी जायेगी

सम्मेलन के दौरान प्रवासी वन्यजीवों के संरक्षण पर विचार विमर्श होगा सम्मेलन का थीम है इस उपग्रह को जोड़ने वाली प्रवासी प्रजातियों का स्वागत है

कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन कॉप सम्मेलन के दौरान प्रदर्शनी स्थल में वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों का प्रदर्शन करेंगे

मेज़बान होने के नाते भारत को अगले तीन वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा महाकाल एक्सप्रेस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वाराणसी में काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ये ट्रेन काशी से कानपुर के रास्ते उज्जैन इंदौर पहुंचेगी

ये ट्रेन साप्ताहिक और सप्ताह में दो बार आधार पर चलायी जाएगी

इंदौर से वाराणसी की यात्रा के दौरान ट्रेन उज्जैन संत हिरदाराम नगर बीना झांसी कानपुर और इलाहाबाद स्टेशनों पर रूकेगी सप्ताह में दो बार चलने वाली दूसरी ट्रेन बुधवार और शुक्रवार को इंदौर और मंगलवार और गुरूवार को वाराणसी से चलेगी इस ट्रेन का समय भी साप्ताहिक ट्रेन जैसा ही है बस इसके ठहराव में लखनऊ तथा सुल्तानपुर स्टेशन भी शामिल किये गये है वीडियो कॉन्फ्रेंस भोपाल संभाग में कानून व्यवस्था और लंबित प्रकरणों के निराकरण जैसे कई मुद्दों की समीक्षा के लिए सभी कलेक्टर्स एवं अधिकारियों की वीडियो कॉफ्रेंस आज आयोजित की गई है

पार्क के क्षेत्र संचालक एल कृष्णमूर्ति के नेतृत्व मे कैप्चर ऑपरेशन में कान्हा टाइगर रिजर्व एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों कर्मचारियों तथा वन्यप्राणी विशेषज्ञों ने भाग लिया

बारासिंघा को विशेष रूप से निर्मित परिवहन ट्रक में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से वन्य प्राणी चिकित्सक एवं उनकी टीम की देख रेख में रवाना किया गया

ग्वालियर बैंड प्रस्तुति उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत से अलग मानने वालों की गलतफहमी दूर करने और सभी देशवासियों को एकसूत्र में पिरोने का संदेश देने शिलांग से आए नॉर्थ ईस्ट बैंड ने कल श्रीमन्त माधवराव सिंधिया व्यापार मेला के कसमाकर रंगमंच पर बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर दर्शकों व श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया यह कार्यक्रम संस्कृति विभाग भोपाल स्मार्ट सिटी ग्वालियर व ग्वालियर व्हीकल डीलर एसोसिएशन के सहयोग र्से मेला प्राधिकरण ने आयोजित किया इस मौके पर नॉर्थ ईस्ट बैंड के कोरियोग्राफर व ग्रूप लीडर उपेन्द्रो सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लोगों को उत्तर पूर्वी राज्यों की संस्कृति से अवगत कराना है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन खान पान पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं

ट्र्नामेंट का इस बार का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है लेकिन नॉकऑउट का चरण अभी घोषित नहीं हुआ है

इस कार्य को संपादित करने के उद्वेश्य जिला अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो रहा है